प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में यू पी आई की इस उपलब्धि की सराहना की है यू पी आई का लक्ष्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का है ताकि देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बल मिले विमुद्रीकरण के बाद के दो वर्षो में यू पी आई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मॉनिटरिंग कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्कूलों में साफ सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रगति की है

इस दिशा में हुई प्रगति खुले में शौच में आई कमी से भी बेहतर रही है

चिकित्सा निदेशालय ने इन केन्द्रों का चयन किया है

मां और नवजात शिशु को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण योजना के परिणाम अब नजर आने लगे हैं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल जयपुर में प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगजन सफाई कर्मचारी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऋणमाफी योजना के लाभार्थियों और नवनियुक्त सफाई कर्मियों के साथ जनसंवाद करेंगी

देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पारम्परिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है हजारों की संख्या में भक्त भगवान श्रीकृष्ण के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं प्रदेश में भी भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव आज हर्षोल्लास और पारम्पारिक रूप से मनाया जा रहा है मंदिरों में विशेष झांकियां और आकर्षक सजावट की गयी है जयपुर के अराध्य गोविंद देव मंदिर में भगवान का विशेष श्रंगार किया गया

उदयपुर संभाग में नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथजी के दर्शेनों के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है

अजमेर जिले में तीर्थराज पुष्कर स्थित नए रंगजी के मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव ध्रमधाम से मनाया जा रहा है उदयपुर ड्रंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में मंदिरों को सजाया गया तथा भगवान श्रीकृष्ण की विशेष झांकी तथा आरती का आयोजन किया गया अनेक स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई जिनमें महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया चूरू बीकानेर करौली सवाईमाधोपुर भरतपुर चित्तौड़गढ बाडमेर धौलपुर सिरोही नागौर सीकर और झालावाड़ तथा अन्य स्थानों से भी जन्माष्टमी मनाये जाने के समाचार हैं प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है

हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि तेज वर्षा के कारण जिले के छोटे बडे तालाब लबालब हो गए हैं लेकिन कई स्थानों पर अधिक पानी भरने से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है

सीकर जिले के रींगस क्षेत्र में एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे दो लोगों की मौत हो गयी सिरोही जिले की पिण्डवाडा पुलिस ने दो कारों को विदेशी ब्रांड की दस लाख रूपए कीमत की शराब पकड़ी है पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है